उन्होंने कहा कि राजस्थान पिछले एक साल में कोरोना से लड़ाई में देश में अग्रणी रहा है उन्होंने विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की

स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ लागू किया जाएगा

प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपए की स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध होगी

सभी संभाग मुख्यालय पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खोलने की घोषणा की गई

एक हजार आयुर्वेद औषधालयों को विकसित किया जाएगा सवाई मानसिंह अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा

अगले वर्ष से कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा

बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई

मुख्यमंत्री ने नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की एक हजार किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना होगी

प्रदेश में हर साल राज्य स्तरीय पश् पालक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे

बजट में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉमन एलेजिबिलिटी टेस्ट कराए जाने का प्रस्ताव किया गया परीक्षा देने के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी

मिलावट खोरी पर लगाम लगाने के लिए फूड सेफ़टी निदेशालय का ऐलान किया गया

जीवन रक्षक योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में जीवन बचाने वाले लोगों को पांच हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर भिवाड़ी टाउनशिप बनाई जाएगी सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नई नीति लाई जाएगी सभी जिला मुख्यालयों पर अनाथ और उर्पेक्षित बच्चों के लिए पन्नाधाय योजना शरू की जाएगी खेल क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा कबड़डी वॉलीबाल जैसे प्रचलित खेलों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की गई

राज्य के बजट पर आज आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से विशेष परिचर्चा भी प्रसारित की जाएगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की आज दूसरी सालगिरह है